भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति में पूर्व एशिया पर सक्रियता से विचार किया है श्री मोदी ने कहा कि इस घोषणा से हमारी आर्थिक कूटनीति को नई दिशा मिलेगी

इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है और इसके विकास में और योगदान देने के लिए भारत वन बिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास मंत्र पर नये भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया

उन्होंने कहा कि भारत और सुदूरपूर्व का संबंध नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है भारत पहला दश है जिसने व्लादिवोस्तोक में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना काउंसलेट खोला तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थीं व्लादिवोस्तोक भारतीय नागरिकों के लिए खुला था रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़े गहरी कर रहा है भारत और जापान ने भारत प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए इसे मुक्त क्षेत्र बनाए जाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ द्विपक्षीय बैठक की विदेश सचिव विजय गोखले ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में एक जैसे विचार रखे और आर्थिक मुद्दों पर आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया विदेश सचिव ने बताया कि दोनों नेताओं ने यह फैसला भी किया कि इस वर्ष दिसम्बर में नई दिल्ली में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक कराई जाए

प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद से मुलाकात में विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत की विदेश सचिव ने कहा कि जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज शिक्षक द दिवस है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण्न के जन्म दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है

राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और कार्य हमेशा अध्यापकों को उनके कर्तव्यों के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं उन्होंने छियालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे बाइट स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर अपने श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा का लक्ष्य मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए डॉ राधाकृ ष्णन कहा करते थे कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवनभर विद्यार्थी बना रहता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षक समुदाय को बधाई दी ह उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों से आग्रह किया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने में सक्रिय भागीदारी करें प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉराधाकृष्णन के जीवन पर आधारित एक वीडियो लिंक को भी साझा किया इस अवसर पर पुरस्कृत किये गये प्रदेश के बाराबंकी जनपद के एक अध्यापक आशुतोष आनन्द ने बताया कि छात्रों को विज्ञान पढ़ाने के लिये वह स्थानीय वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं बाइट मैं टीचर हूं दो पेरा टीचर्स है तो मेन चीज क्या है कि बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाया जाये इसके लिये मैं स्थानीय वस्तुओं से जोड़कर बच्चों को साइंस पढ़ाने में विश्वास करता हूं बच्चों से मॉडल बनावये जाते है मेरे विद्यालय में अब बच्चे उसी मॉडल से चूंकि उन्होंने बनाया है तो उसकी पूरी प्रक्रिया जानते है उसमें कौन से विज्ञान का सिद्धान्त है यह भी वह जानते है इसके अलावा मै जहां समझ में नहीं आता बच्चों को तो आईसीटी का भी प्रयोग करता हूं

पहली पीढ़ी के वह लर्नर है अपने परिवार से स्कूल जाने वाले बहुत अच्छा लगता है उनको और साइंस समझने में बहुत आसानी हो जाती है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

राजधानी लखनऊ में शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दो वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में तेजी से तीस हुई है शिक्षा को नकलविहीन बनाने के साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को शिक्षा में लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किय गय है

उच्च शिक्षा में सत्र नियमित करने का हो या फिर वहां पर पठन पाठन का एक माहोल बनने की दिशा में किये जाने वाले प्रयास

माध्यमिक शिक्षा में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी नकलविहीन परीक्षा कैसे सम्पन्न हो अच्छा लगा कि नकलविहीन परीक्षा प्रारम्भ होने को साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानून बनाकर शिक्षा का सरलीकरण किया गया है और निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिये एक्ट बनाया गया है श्री योगी ने कहा कि शिक्षा मात्र प्रमाण पत्र लेने का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक सर्वांगीण विकास का रास्ता है उन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान तक सीमित न करे बल्कि छात्रों को देश और दुनिया के बारे में जानकारी दी जाये बाइट र्शिक्षा यह मात्र हम सबके लिये केवल एक डिग्री हासिल करने सार्टिफिकेट का कोर्स करने का जरिया मात्र नहीं है बल्कि सर्वागीण विकास की आधारशिला रखने और भविष्य को उन्नत और उज्ज्वल बनाने की दिशा में किये जाने वाले प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस कड़ी का हिससा बनाने के लिये ही आज प्रदेश के सभी उन शिक्षकों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें सम्मानित करने का एक प्रयास प्रारम्भ हुआ है मुख्यमंत्री ने शिक्षा को प्रयोगपरक बनाने और शिक्षकों से लेखन की आवश्यकता पर बल देने को कहा

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र म उत्कृष्ट कार्य करने वाले इकतीस शिक्षकों को सम्मानित किया

इन बंदियों पर उन्नीस लाख पांच हजार से अधिक आरोपित जुर्माने की धनराशि को विभिन्न गैर सरकारी संगठनों स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जमा कराया गया प्रदेश की चालीस जेलों में निरूद्ध आज रिहा किये गये कैदियों में से सबसे ज्यादा बीस कैदी आगरा की जिला और केन्द्रीय कारागार से रिहा किये गये